प्रदेश में आज से सहकारी फसली ऋण ऑनलाईन पंजीयन और वितरण योजना की होगी शुरूआत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोककलाकार क्वीन हरीश की सड़क हादसे में मृत्यु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताया शोक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकेण्डरी परीक्षा का परिणाम आज होगा घोषित राज्य के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों में राज्यो के छब्बीस जिलों के लिए रेडअलर्ट जारी किया है गर्मी का प्रकोप पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड रहा है प्रशासन द्वारा कई शहरों में सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है वहीं चिकित्सा विभाग भी अतिरिक्त सतर्कत बरत रहा है चुरू और श्रीगंगानगर जिलों में अब तक का रिकॉर्ड अधिकतम तापमान दर्ज किया जा रहा है

प्रदेश में भीषण गर्मी से पशु पक्षी और मवेशी भी त्रस्त हैं गांवों में पीने के पानी की भी किल्लत बनी हुई है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

प्रदेश में आज से सहकारी फसली ऋण ऑनलाईन पंजीयन और वितरण योजना की शुरूआत होने जा रही है

इससे वित्तीय पारदर्शिता आयेगी और किसानों के हित सुरक्षित होंगे पंजीयन कराने के लिये किसान आवश्यक दस्तावेज के साथ किसी भी ई मित्र कोन्द्र पर संपर्क कर सकते हैं इसके अलावा ग्राम सेवा सहकारी समिति से भी निशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है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

राज्य में तीसरे सीएसआर समिट का आयोजन कल जयपुर में किया जाएगा इस समिट में सीएसआर गतिविधियों का दायरा बढ़ाकर पांच सत्रों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सीएसआर विशेषज्ञ और औद्योगिक संस्थानों के सीएसआर प्रभारी मंथन करेंगे समिट में राज्य में सीएसआर गतिविधियों के संचालन में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कंपनियों को ग्यारह श्रेणी में राज्यस्तरीय सीएसआर पुरस्कार दिए जायेंगे जोधपुर जिले के बिलाड़ा थाना क्षेत्र में कापरडा के पास कल एक सड़क हादसे में अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त लोककलाकार क्वीन हरीश सहित चार लोगों की मृत्यू हो गई

पुलिस ने बताया कि लोक कलाकार हरीश कुमार उर्फ क्वीन हरीश और उनके साथी कार से जोधपुर जा रहे थे कि कापरड़ा गांव के पास अचानक उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टवीट कर इस हादसे पर दुख व्यक्त किया और कहा कि ख्यातनाम कलाकार क्वीन हरीश सहित चार लोगों की दर्दनाक मृत्य बेहद द्रखद है राजस्थान की लोक कला संस्कृति को समर्पित हरीश ने विशेष शैली में नृत्य कला से जैसलमेर को एक अलग पहचान दी उनका निधन लोक कला क्षेत्र में एक बड़ी क्षति है इधर बाडमेर जिले के सनावड़ा गांव में कूलर में पानी भरते समय करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई वहीं पायलागला गांव में ट्रक की टक्कर से एक मोटरसाईकिल सवार की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज घोषित किया जायेगा शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा इसे जारी करेंगे

नागौर जिले में इस महीने की दस तारीख से सेना भर्ती रैली आयोजित की जायेगी

अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक एक लाख दस हजार से ज्यादा श्रद्वालु पंजीकरण करा चुके हैं छियालिस दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा एक जुलाई से शुरू होकर पन्द्रह अगस्त को सम्पन्न होगी